आज भाजपा के निहाल चंद मेघवाल ने श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र से जसकौर मीणा ने दौसा से मनोज राजौरिया ने करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र से तथा अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर से नामांकन पत्र दाखिल किए कांग्रेस की ओर से आज रफीक मंडेलिया ने चूरू से भरत लाल मेघवाल ने श्रीगंगानगर से मदन गोपाल ने बीकानेर से जितेन्द्र सिंह ने अलवर लोकसभा सीट से पर्चे भरे हैं

पहले चरण के दौरान तेरह सीटों पर चुनाव में ग्यारह दिन शेष है और भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की जनसभाएं और रोड शो होने से चुनाव प्रचार और परवान चढेगा

श्री मोदी इसी दिन बाडमेर में भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे

कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे के अनुसार श्री गांधी कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आठ नौ चुनाव सभाएं करेंगे

वहीं नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने पांच साल में विकास के साथ देश को सुरक्षित करने और देश को अग्रणी देश बनाने का काम किया उधर भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने आज बीकानेर में भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के समर्थन में जनसभा की इस अवसर पर श्री जावडेकर ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए एक बार फिर भारी बहुमत से सरकार बनाएगा

श्री जावडेकर ने नागौर में एनडीए प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल की नामांकन रैली को भी संबोधित किया

चूरू में आज कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया की नामांकन रैली को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि भाजपा ने विदेशों से कालाधन लाने और रोजगार देने का वादा किया था लेकिन वे कोई वादा पूरा नहीं कर पाए श्री गहलोत ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई

श्री गहलोत तथा श्री पायलट ने आज सुबह अलवर में कांग्रेस प्रत्याशी जितेन्द्र सिंह के पक्ष में रोड शो भी किया वहीं आज शाम बीकानेर में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में एक चुनावी रैली को संबोधित किया

आप के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल जाट ने आज जयपूर में पत्रकारों को बताया कि पार्टी ने विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए फिलहाल राज्य में लोकसभा चुनाव नहीं लडने का फैसला किया है उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में विपक्षी दलों के मजबूत प्रत्याशियों का समर्थन करेंगी उन्होंने बताया कि राजसथान से एक हजार कार्यकर्ता पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली चंडीगढ गोवा पंजाब और हरियाणा जाएंगे पार्टी के प्रदेश सचिव देवेन्द्र शास्त्री ने बताया कि आप के कार्यकर्ता राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे

टोंक जिले के मालपुरा उपखंड के कलयाणपुर में ईवीएम वीवीपेट का प्रदर्शन किया गया और ग्रामीणों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया

ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी अधिकारी जोधपुर में एडीएम द्वितीय पद पर कार्यरत था उन्होंने बताया कि आरोपी परिवादी से पत्थरगढी के आदेश पीपाड के तहसीलदार को देने की एवज में लिये थे ब्यूरो ने आज कार्यवाही कर अधिकारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया

पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को हिरासत में लिया है जबकि अभी दुल्हन और मुख्य आरोपी अंकित सेवदा का सुराग नहीं लगा है पुलिस ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें जयपुर और गाजियाबाद भेजी गई हैं गौरतलब है कि क्षेत्र के नागवा गांव में शादी के बाद ससुराल जा रही दुल्हन का बुधवार सुबह हथियारों के बल अपहरण कर लेने का मामला सामने आया है

इस वर्ष का विषय है ग्रामीण परिदृश्य हर वर्ष आज ही के दिन विश्व विरासत दिवस मनाने का उद्देश्य विरासत स्थलों के संरक्षण से जुड़े लोगों विशेषकर वैज्ञानिकों अभिलेखाकारों भुगोलवेत्ताओं और इंजीनियरों को सम्मान देना है विश्व विरासत दिवस पर आज राज्य के पुरामहत्व के स्मारकों और संग्रहालयों में पर्यटकों के लिए निशुल्क प्रवेश की सुविधा दी गई

पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने जवाहर सर्किल से गौरव टावर पलिया तक पहले चरण के तहत इस आदर्श पथ का उदघाटन किया इस मौके पर श्री गर्ग ने कहा कि देश में ज्यादातर मौतें सडक दर्घटनाओं में होती हैं इनकी रोकथाम के लिये यातायात नियमों की पालना आवश्यक है

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड ने एक टवीट संदेश में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है इस बीच आज प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ रहा